इस संबंध में एक प्रभावी सिस्टम बनाए जाने के लिये उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिये कल भोपाल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा समुदाय आधारित सर्विलेंस सिस्टम का प्रस्तुतिकरण किया गया जिसके अंतर्गत नागरिकों की सुविधा के लिये सार्थक लाइट एप और कोविड मित्र बनाए जा सकते हैं सार्थक लाइट एप के अंतर्गत कोई भी नागरिक अपने मोबाइल नम्बर और पते के आधार पर पंजीयन करा सकेगा

कोरोना प्रदेश प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या साढ़े दस हजार के करीब पहुॅच गई है

कटनी जिले में एक ही परिवार के चार सदस्य कोरोना संक्रमित पाए गये हैं

लॉकडाउन छूट भोपाल जिले में सोमवार से कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर रिथत सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दी गई है साथ ही लाइसेंस प्राप्त दुकानें भी खोलने का निर्णय लिया गया है कलेक्टर तरूण पिथोड़े ने बताया कि रहवासी परिसर और बाजारों में स्थित दुकानें जैसे मेडिकल स्टोर किराना सब्जी फल फूल चिकन मटन फिश पीडीएस दुकानें सैलून आदि पांच दिन खुली रहेगी शेष दो दिन शनिवार और रविवार को सभी दुकानें बन्द रहेंगी भोपाल शहरी क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर होटल रेस्तरां बेकरी मिठाई की दुकान सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक पांच दिन खोलने की अनुमति रहेगी शनिवार और रविवार को रेस्तरां और होटल को होम डिलेवरी और पार्सल देने की अनुमति रहेगी स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एसओपी का पालन करना अनिवार्य होगा और किसी भी दुकान में पांच व्यक्तियों से ज्यादा एक समय में एकत्रित नहीं होंगे

उधर कंटेनमेंट जोन छोड़कर धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति दी गई है श्रद्वालुओं के लिये मूर्ति धार्मिक ग्रन्थ को स्पर्श करने की अनुमति नहीं रहेगी प्रसाद चरणामृत छिड़काव आदि का वितरण वर्जित रहेगा फूल नारियल अगरबत्ती चादर चुनरी आदि चढ़ाने और घंटी बजाने की अनुमति नहीं होगी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

मौसम प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के आज दस्तक देने की संभावना है

वहीं रीवा सागर भोपाल ग्वालियर चंबल उज्जैन शहडोल संभागों में कहीं कहीं बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं प्रदेश के कई जिलों में कल भी प्री मानसून बारिश हुई सतना जिले के ग्राम बुढ़ागर में बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई जबलपुर में भी हल्की बारिश हई जिससे लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की

जिसके चलते यहां सभी दुकानें व व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं

कलेक्टर चंद्रमोहन सिंह ठाकुर सहित कई अधिकारियों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है

यह रथ गांव गांव पहुंचकर लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक करेगा